श्री गहलोत ने जयपुर में एक बैठक के दौरान मुख्य सचिव डी बी गुप्ता को निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों के कलक्टर्स को पत्र लिखकर फसल खराबे की गिरदावरी जल्द से जल्द करवाई जाए ताकि ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि कल हुई ओलावृष्टि से जयपुर अलवर भरतपुर और दौसा सहित कुछ जिलों में कैसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है इधर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को व्यापक नुकसान पहुंचा है राज्य सरकार इसकी तुरंत गिरदावरी करा के किसानों को राहत दे गौरतलब है कि कल प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर ओले गिरे है जिससे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है

उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने कल विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए ये घोषणाएं की

श्री पायलट ने कहा कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में विकास के चार काम कराये जायेंगे

उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड पर इस स्कूल को संचालित करने की संभावनाए तलाशी जाए श्री गहलोत कल राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य में हवाई पट्टियों का भी पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा बल्कि इस उभरते क्षेत्र में राज्य के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे

बच्चों में बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण दिखने पर बच्चे को तुरन्त परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है मंत्रालय ने माता पिता से ऐसे बच्चों को चिकित्सक के अगले परामर्श तक स्कूल नहीं भेजने को कहा है इधर चिकित्सा विभाग ने प्रदेश में आए सभी विदेशी पर्यटकों को कोरोना संबंधी जानकारी देने और इसके बचाव में सहयोग के लिए उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए हैं इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया हैं कि वे अपने अपने जिले के होटल्स और रिसोर्टस में रूकने वाले विदेशी पर्यटकों को इस संबंध में पूरी जानकारी दें कोरोना वायरस को लेकर खाटू श्याम जी मेले में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है

महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विषय पर आयोजित यह सम्मेलन पत्र सूचना कार्यालय और आकाशवाणी की ओर से आयोजित किया जा रहा है